श्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की भी शुरूआत करेंगे

अटल सेवा केन्द्रो पर ग्राम विकास अधिकारी व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हैं श्रीगंगानगर जिले की मिर्जेवाला ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी कमलेश स्वामी ने बताया कि उनके अलावा पंच सरपंच और पंचायत कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी अटल सेवा केन्द्रों पर मौजूद रहेंगे इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां भी डिजिटल माध्यम से होने वाली इस वार्ता के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं

उन्होंने राज्य में चल रही उनकी गतिविधियों की जानकारी ली प्रधानमंत्री ने श्रीमती भण्डारी और उनके परिवार के वर्षो के योगदान की सराहना की गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन दिनों देश के विभिन्न भागों में रह रहे देश सेवा में योगदान दे चुके विशिष्ट व्यक्तियों से फोन के माध्यम से सम्पर्क कर रहे हैं

अब तक भिले आंकडों के अनुसार प्रदेश में छब्बीस संक्रमित जिलों में से छह जिले ऐसे हैं जहाँ कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या सौ के ऊपर है इनमें टोंक जिला भी शामिल है लगातार मिल रहे संकमण के बाद प्रशासन यहां और सुरक्षा के उपाय कर रहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से इस एप्लीकेशन को डाउन लोड कर इसका उपयोग करने को कहा है श्री गहलोत ने कहा है कि जनता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी जनता की सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा

लॉक डाउन के बीच जहां गरीब और बेसहारा लोगों के लिए सरकार के साथ कई भामाशाह सामने आए हैं वहीं बेज़ुबान पशु पक्षियों को भूख से बचाने के लिए भी कई संगठनों ने मदद करने का बीड़ा उठाया है

च्रू में जिला कलेक्टर और एडीएम ने पक्षियों के लिए परिंडे बांधे वहीं एक गौशाला के पुजारी ने एक हजार घों सले लगवाए हैं

उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और अधीनस्थ अधिकारियों तथा जवानों की हौसला अफजाई करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटना को सामान्य रूप से नहीं लिया जाएगा और हमलावरों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किए जाएंगे

डीजीपी ने आज चित्तौड़गढ का भी दौरा किया

इन चारों की ड्यूटी सात दिनों तक पाली शहर में बनाए गए क्वारेंटीन सेंटर में सेवाए देने के लिए लगायी गयी है इधर दौसा सांसद जसकोर मीणा ने आज जिला कलेक्टर के साथ बैठक कर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की

इसी के तहत काढे के पैकेट बनाकर वितरित किए जा रहे हैं भरतपुर में दिन रात काम कर रहे कार्मिकों के लिए विभाग ने विभिन्न जड़ी बुटियों को मिलाकर काढे के पैकेट तैयार किए हैं करीब डेढ हजार पैकेट्स पुलिस और प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भिजवाए गए हैं वरिष्ठ वैद्य चंद्रप्रकाश दीक्षित ने बताया कि काढे में मुनक्का और गुड़ का प्रयोग कर इसे स्वादिष्ट बनाने के साथ ही रोगों से लड़ने के लिए और ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है चूरू में भी अलग अलग टीमों का गठन कर कोरोना योद्धाओं के लिए काढे के पैकेट बनाए गए हैं

ऐसे में कई तरह की बातों और अफवाहों से लोग मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं जयपुर के सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा केन्द्र के प्रोफेसर अनिल ताम्बी ने आकाशवाणी से विर्शेष बातचीत में बताया कि बुजुर्गो को कोरोना संकमण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें एकांकीपन महसूस नहीं होने दिया जाए

उन्होंने कहा है कि छोटे और मध्यम स्तर के कलाकारों को पंजीकृत करना जरूरी है ताकि उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जोडकर वित्तीय लाभ दिये जा सकें श्री मिश्र आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के सदस्य राज्यों से लोक कलाकारों के वित्तीय हालात पर चर्चा कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि कला और कलाकारों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार कलाकार समुद्धि योजना शुरू करें ताकि इनके माध्यम से कलाकारों को आर्थिक लाभ के अवसर मुहैया कराए जा सके

हमें सही रास्ता दिखाने को साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती है पुस्तक दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किताबे समृद्ध इंसानी सभ्यता संस्कृति और ज्ञान की गहराई को समझने का माध्यम हैं उन्होंने एक ट्वीट कर लॉक डाउन के इस दौर में किताबो को अपना साथी बनाने की बात कही